प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के अपराधियों को हमारे सुरक्षा बल कड़ी सजा देंगे महाराष्ट्र में यवतमाल के पंढर्कवाड़ा में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे धैर्य बनाये रखें उन्होंने कहा कि वह आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर जनता के आक्रोश को समझते हैं श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र को अपने सुरक्षाबलों पर गर्व और पूरा विश्वास है और सुरक्षा बलों को स्थिति से निपटने की पूरी छूट दी गई है पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ रहा हूं शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जरूर दी जाएगी पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हमारे पड़ोसी देश का दूसरा नाम बन गया है एक ऐसा देश जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है जो आज दीवालिया होने की कगार पर खड़ा है वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है रैली के दौरान शहीदों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बृहस्पतिवार को हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गयी और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया कल नई दिल्ली में हुई इस बैठक में सभी प्रकार के आतंकवाद और सीमा पार से मिलने वाले समर्थन की भर्त्सना की गयी सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में सीमापार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दृढ़ता का परिचय दिया है बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवादियों और उनसे जुड़े लोगों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है और सरकार शुरू से ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है श्री सिंह ने कहा कि सरकार शहीर्दो के परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सभी दलों ने आतंकवाद से निपटने में सरकार के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त किया कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस आतंकवाद से निपटने में सरकार के साथ है

इनका संरक्षण और स्वच्छता हमारी ज़िम्मेदारी है श्री नायडू कल प्रयागराज कुंभ में संगम पर पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने नदियों को साफ़ सुथरा रखने के उद्देश्य से कुंम की परम्परा शुरू की थी गंगा पूजन के बाद उप राष्ट्रपति ने अक्षय वट सरस्वती कूप और लेटे हुये हनुमान जी के दर्शन किये श्री नायडू ने कुंभ मेले में स्वच्छता को लेकर युवाओं की भागीदारी विषय पर आयोजित युवा कुंभ को भी संबोधित किया कुंभ के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि कृंभ ऐतिहासिक विरासत है और यहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व में जाता है उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश बदल रहा है और निरन्तर बदलते हुए परिवेश में अपनी प्रतिभा को बरकरार रखने के लिये हर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी ज़रूरी है उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पुलवामा के हमलावरों को सही समय पर सबक सिखाएगी प्रसार भारती बोर्ड ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है अपने संदेश में बोर्ड ने शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की है

प्लवामा में गुरूवार को हई आतंकी घटना में शहीद प्रदेश के सीआरपीएफ जवानों का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल विभिन्न जिलों में उनके पैतुक गांवों में कर दिया गया पुलवामा आतंकी हमले में राज्य के बारह जवान शहीद हुए हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्लवामा के शहीदों को उनके पैतुक गांव और स्थानों पर शोकाकल वातावरण में अंतिम विदाई दी गई इस अवसर पर कई मंत्री जनप्रतिनिधि और आलाअधिकारी मौजूद थे कानपुर देहात जनपद में शहीद श्यामबाबू को केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अलविदा कहा केन्द्रीय मंत्री जनरल यीके सिंह महेश शर्मा सहित कई मंत्री अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहे

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ चन्दौली में शहीद जवान अक्षेश यादव को नम आंखों से लोगों ने उनके पैतक गांव बहाद्रपुर में अंतिम विदाई दी अन्त्येष्टि के समय तिरंगे के साथ लोगों का हजुम उमड़ पड़ा

मैनपुरी में शहीद सैनिक राम वकील का अंतिम संस्कार उनके पैतुक गांव विनायकपुर में किया गया इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी आगरा में हजारों लोगों की मैजूदगी में शहीद जवान कौशल किशोर का अंतिम संस्कार उनके पैतुक गांव कहरई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया शव यात्रा में सांसद राम शंकर कठेरिया विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा हजारों लोगों ने शिरकत की उधर शामली जिले के दो शहीद जवानों का अंतिम संस्कार उनके गांवों में किया गया और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से प्लवामा की आतंकी घटना में शहीद शामली के दो जवानों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतक गांवों में कर दिया गया सुबह बनत करबे के निवासी शहीद जवान प्रदीप की अन्येष्टि स्थानीय स्मशान घाट पर की गई शहीद प्रदीप के पार्थिव शरीर को उनक बड़े बेटे सिद्वार्थ ने मुखाग्नि दी दोपहर बाद शामली के रेलपार निवासी शहीद जवान अमित कुमार का अंतिम संस्कार किया गया

अनुज सैनी आकाशवाणी समाचार शामली कन्नौज में शहीद जवान प्रदीप सिंह यादव की अंतिम यात्रा में दूर दराज़ के लोगों की भारी भीड़ जुटी हमारे प्रतिनिधि ने बताया पूलवामा में आतंकी हमले में शहीद कन्नौज जिले के सीआरपीएफ जवान प्रदीप सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव अजान आते ही कोहराम मच गया शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए दूरदराज से लोगों की भारी भीड़ जुटी राज्य मंत्री संदीप सिंह और अर्चना पाण्डेय ने पार्थिव शरीर पर पृष्पचक्र अर्पित कर भावमीनी श्रद्वांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया पैतक गॉव अजान में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद की बड़ी पृत्री सप्रिया ने पार्थिव शरीर को मुखान्नि दी अंतिम यात्रा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता और पदाधिकारी प्रमुख रुप से मौजूद रहे रवि कुमार द्विवेदी आकाशवाणी समाचार कन्नौज देवरिया जिले के छपिया जयदेव निवासी शहीद विजय मौर्य का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ छोटी गण्डक नदी के किनारे बेहरा डाबर घाट पर किया गया शहीद के पिता रामायन मौर्य ने मुखाग्नि दी इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही एवं अनुपमा जायसवाल मौजूद रहें महराजगंज जिले के शहीद पंकज त्रिपाठी की अंतिम यात्रा उनके गांव फरेंदा तहसील के हरपुर बेलहिया से निकली रोहिन नदी के किनारे त्रिमोहानी घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया शहीद के तीन वर्षीय पुत्र ने मुखाग्नि दी इस दौरान केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ल और जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री मौजूद रहे इस आतंकी घटना में राज्य के ग्यारह ज़िलों के बारह सीआरपीएफ़ जवान शहीद हुए हैं

श्री योगी ने चेतावनी दी है कि आपदा प्रभावितों को राहत और मदद पहुंचाने के काम में शिथिलता बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी